समीक्षा बैठक भोपाल शहर में कय विकय किये गये मकान द्वकान फ्लैट और अन्य जमीनों के नामान्तरण अनिवार्य रूप से किये जाएंगे आज भोपाल में राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर तरूण पिथौड़े ने कहा कि नामातंरण प्रकरणों को शिविर लगाकर निराकृत किया जाए उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि कॉलोनाइजर द्वारा फ्लैट दुकान मकान आदि जमीनों को विक्रय करना बताकर उनकी मात्र रजिस्ट्री ही करायी जा रही है और नामांतरण नहीं जिले में बंटवारा और नक्शा दुरस्तीकरण का कार्य भी अभियान चलाकर पूरा करने कहा है कमिश्नर दौरा जबलपुर संभाग के आयुक्त राजेश बहुगुणा ने आज करेली तहसील के ग्राम कपूरी में समन्वित कृषि से संबंधित कार्यों का अवलोकन किया उन्होने यहां किसानों से चर्चा की और उन्हें समन्वित खेती अपनाने के लिये प्रेरित किया

पुलिस सुत्रों के अनुसार जिला मुख्यालय से करीब साठ किलोमीटर दूर खडीखंभ घाट पर सड़क हादसा हुआ

सभी श्रद्वालु धार जिले के कुक्षी क्षेत्र के थे और वे मध्यप्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर स्थित तोरणमाल दर्शन के लिये जा रहे थे वहीं नीमच जिले के उपनगर बघाना में आज सुबह एक ट्रेक्टर ट्राली के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक श्रमिक की मौत हो गयी और तीन अन्य श्रमिक घायल हो गए घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है

अच्छी खबर में आप रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है अनुकरणीय है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है

इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती है और भगवान शिव की पूजा करते हुए अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति के साथ समृद्धि की कामना करती है पौधारोपण आज प्रदेश भर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किये गये जनसंपर्क मंत्री पीसीशर्मा ने भोपाल के विभिन्न इलाको में पौधरोपण किया चौपाल सांस्कृतिक खेल और समाज कल्याण समिति ने सहयोगी संस्थाओं के साथ राजमाता विजयाराजे सिंधिया पार्क और हर्षवर्धन नगर में पौधरोपण किया

आज नीमच के भादवा माता मंदिर परिसर में आयोजित पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में उन्होने कहा कि मनुष्य का जीवन बचाना है तो पानी की एक एक ब्रंद संरक्षित करनी होगी श्री चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से बेटी बचाओ अभियान प्रारंभ किया है यह अभियान मासूम बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों के लिये फांसी की सजा की मांग और बेटियों को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिये है

आज शाम किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच और नगर निगम के तत्वावधान में आईसेक्ट किशोर नाईट द्वारा आयोजित कार्यकम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने कहा कि राज्य सरकार किशोर कुमार की याद में एक स्मारक बनायेगी उन्होने किशोर कुमार को भारत रत्न सम्मान देने की भी मांग का समर्थन किया खंडवा में स्थित किशोरदा की समाधि स्थल पहुंचकर बड़ी संख्या में संगीतप्रेमियों ने श्रद्वा सुमन अर्पित किये वहीं किशोर कुमार की याद में संस्कृति संचालनालय द्वारा भोपाल के रविन्द्र भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इंदौर में भी किशोर कुमार का जन्म दिन गीत संगीत के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है नागपंचमी नागपंचमी का त्यौहार कल पूरे उत्साह के साथ प्रदेशभर में भी मनाया जाएगा प्राचीन और धार्मिक नगरी उज्जैन में भगवान नागचन्द्रेश्वर मंदिर के पट आज रात खोले जाएंगे

मंदिर के पट कल रात बारह बजे तक खुले रहेंगे माना जाता है कि पूरी दुनिया में नागचन्द्रेश्वर एक मात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान श्री भोलेनाथ सर्पशैया पर विराजित है नागपंचमी के अवसर पर कल श्रद्वालु शिवमंदिरों में दर्शन करेंगे पचमढी के नागद्वारी मेले में हजारों की संख्या में श्रद्वाल् पहंच रहे है बारिश प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आज भी बारिश का दौर जारी है राजधानी भोपाल में सुबह के समय रिमझिम बारिश हुई इसके बाद प्रे दिन धूप निकली रही मंडला जिले में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और कहीं कहीं यातायात प्रभावित हुआ है उधर आगरमालवा जिले के ग्राम सुमराखेडी और ग्राम ढोटी में बीती रात नाले के तेज बहाव में बहे दो युवको का शव आज पुलिस ने बरामद कर लिया है

श्री नायड् यहां श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे